आज दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार मैट्रिक परीक्षा कल से हो रही है शुरू

राज्य सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मियों के लिए सातवें वेतनमान को मंजूरी दे दी है वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल दो हजार सत्रह से मिलेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार पन्द्रह से अठारह प्रतिशत की वेतन वृद्धि की गयी है चिकित्सा भत्ता प्रति माह दौ सौ रूपये से बढ़ाकर एक हजार रूपये कर दिया गया है सातवें वेतनमान का लाभ प्रदेश के छह हजार विश्वविद्यालय शिक्षक और तीस हजार कर्मचारियों को मिलेगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते और केन्द्रीय पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की है मंहगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाकर बारह प्रतिशत कर दिया गया है नई दरें इस साल पहली जनवरी से लागू होंगी मंत्रिमंडल ने मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण अध्यादेश दो हजार उन्नीस को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है इस अध्यादेश में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर गैर कानूनी तरीके से वैवाहिक संबंध तोड़ने को अपराध करार दिया गया है और इसके लिए तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है वहीं मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने किसानों को वित्तीय और सिंचाई सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान कुसुम को मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत खेती में काम आने वाले साढ़े सत्रह लाख पम्प सेटों को सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्ध करायी जाएगी प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह का देर रात निधन हो गया वे बानवे वर्ष के थे वे लम्बे समय से बीमार थे और नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका इलाज चल रहा था उनका अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किया जाएगा अठाईस जूलाई उन्नीस सौ छब्बीस में वाराणसी के एक गांव में जन्मे नामवर सिंह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केन्द्र के पहले अध्यक्ष थे उन्होंने कविता के नए प्रतिमान छायावाद और दूसरी परंपरा की खोज सहित एक दर्जन से अधिक प्रस्तकें लिखी थी उन्हें कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक समालोचना के लिए उन्नीस सौ इकहत्तर में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है बोर्ड ने परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से दस मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा देर से आने पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों के जूता मोजा पहनकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने पर रोक रहेगी साथ ही परीक्षा भवन में मोबाईल और कैलकुलेटर सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा इस बार मैट्रिक परीक्षा में सोलह लाख साठ हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे परीक्षा को लेकर राज्यभर में एक हजार चार सौ अठारह कोन्द्र बनाये गये हैं बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि शांतिपूर्ण और कदाचार रहित परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं पटना से मुम्बई के बांद्रा जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस का विस्तार अब सहरसा स्टेशन तक कर दिया गया है चौबीस फरवरी को बांद्रा से खुलने वाली यह ट्रेन सहरसा तक जायेगी छब्बीस फरवरी से यह गाड़ी सहरसा स्टेशन से खूलेगी इसका खगड़िया और बेगूसराय में ठहराव दिया गया है इधर आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस का घोड़ासहन और फरक्का एक्सप्रेस का धीना स्टेशन पर ठहराव दिया गया है सुजन घोटाला मामले में भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सुजन महिला विकास सहयोग समिति को दिये गये ट्रायसेम भवन की लीज को रद्द कर दिया है जीएसटी इंटेलीजेंस की टीम ने पटना की एक निर्माण कम्पनी के कार्यालय पर छापेमारी कर लगभग सात करोड़ रूपये कर चोरी का मामला पकड़ा है टीम ने कम्पनी को टैक्स की राशि भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद से उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव की रिम्स में बिना अन्मति मुलाकात के मामले में लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर हो जाने के कारण प्रदेशभर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है मौसम विभाग के अनुसार दिन का तापमान सामान्य से दो से चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है विभाग ने कहा है कि अरब सागर से आने वाली नमी के कारण चौबीस फरवरी से एक बार फिर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की ब्रंदाबांदी की सम्भावना बनी हुई है संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस बार आठ सौ छियानवे पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं ऑनलाईन निबंधन दो मार्च से शुरू होकर अठारह मार्च तक चलेगा विशेष जानकारी आयोग की वेबसाईट यूपीएससी डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है नालंदा की भदारी गांव निवासी रग्बी खिलाड़ी श्वेता शाही वर्ल्ड रग्बी फेडरेशन की लंदन में होने वाली बैठक में शामिल होंगी वे तेईस चौबीस और पच्चीस फरवरी को होने वाली बैठक के दौरान महिला रग्बी के विकास के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी फेडरेशन ने विभिन्न देशों की वैसी पन्द्रह महिला रग्बी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है जिन्होंने मुश्किलों को मात देकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी है भारत से सिर्फ श्वेता शाही को ही आमंत्रित किया गया है वे रग्बी की तीन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में भी खिताब जीता है मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में चौबीस फरवरी को सेना में बहाली के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा इसमें मुजफ्फरपुर समस्तीपुर दरभंगा पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण मध्रबनी शिवहर सीतामढ़ी गया और पटना जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे जनवितरण प्रणाली द्वकानदार संघ पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुये बिहार के दो दजवानों रतन कुमार ठाकुर और संजय कुमार सिन्हा के परिजनों को पच्चीस पच्चीस लाख रूपये की सहायता देगा संघ के महामंत्री दिनेश सिंह ने यह जानकारी दी जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक शव लेकर आ रहे एम्बुलेंस के उत्तर प्रदेश के आगरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अरवल के पांच लोगों समेत सात की मौत हो गयी पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया स्थित जिला प्रतिरक्षण कार्यालय में कार्यरत लिपिक प्रेम प्रकाश समेत दो अन्य को हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के खादी भंडार के पास बिजली पोल लगाने के क्रम में करंट लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई किशनगंज जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो ट्रकों से बारह हजार लीटर से अधिक शराब जब्त कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां पटना उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी बंगले की सुविधा समाप्त किये जाने से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा सरकारी बंगला दैनिक जागरण लिखता है हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला समेत ताउम्र मिलने वाली अन्य सरकारी सुविधाएं भी वापस लेने का आदेश दिया दैनिक भास्कर की सुर्खी है केन्द्र ने तीन प्रतिशत डीए बढ़ाकर बारह प्रतिशत किया एक दशमव एक करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा प्रभात खबर ने लिखा है सेना का ऐलान कश्मीर में जो भी बंदूक उठायेगा मारा जायेगा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चार मार्च को आज ने कुम्भ मेला से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है माधी पूर्णिमा पर सवा करोड़ लोगों ने लगायी डुबकियां

आज दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार मैट्रिक परीक्षा कल से हो रही है शुरू